कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजीजू के चमोली दौरे का आज दूसरा दिन था कल औली में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ले रहे आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की राज्य में आज दिन भर बादल छाए रहे

यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर श्रद्वांजलि अर्पित की समाधि स्थल पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वाजलि अर्पित की

गुजरात के दांडी में एक सौ दस करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है

जिसमें महात्मा गांधी की मूर्ति भी शामिल है

संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक बुलाई इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया

सरकार ने भी कल संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताआँ की बैठक बुलाई है स्लग बालिका पंचायत देहरादून के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी किसान भवन में आज तीन दिवसीय बालिका पंचायत आरंभ हुई एससीईआरटी की ओर से आयोजित पंचायत में बालिकाओं के अधिकार तकनीकी का सुरक्षित प्रयोग किशोरावस्था स्वास्थ्य एवं पोषण और किशोरावस्था परामर्श जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा रहा है विद्यालयी शिक्षा सचिव भुपिन्दर कौर औलख ने इस मौके पर कहा कि लैंगिक समानता आज के समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है वहीं विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक ज्योति यादव और अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की निदेशक सीमा जौनसारी ने बालिका पंचायत के संबंध में जानकारी दी पंचायत में हिस्सा ले रही छात्राएं भी इस तरह की पहल से काफी उत्साहित हैं स्लग अमित शाह उत्तराखंड भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं देहराद्न के परेड मैदान पर पार्टी की ओर से दो फरवरी को होने वाले त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह यहां पहुंच रहे हैं सम्मेलन को लेकर पार्टी कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि भाजपा का मुख्य फोकस बूथ स्तर पर है सम्मेलन में टिहरी और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्ष विधायक मंत्री और मौजूदा सांसद सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल होंगे

ये कार्यक्रम मार्च महीने तक चलेगा इसमें सीमांत क्षेत्र के तीस युवाओं को होटल मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग के गुर सिखाए जाएंगे इस मौके पर वाहिनी कमाण्डेन्ट ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को ऑत्मनिर्भर बनाने और स्व रोजगार के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से चलाया जा रहा है कार्यक्रम में शामिल युवा इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को युवाओं के लिए काफी फायदेमंद बताया स्लग बैठक हड़ताल कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के मकसद से मंगलवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सभी विमागों के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी को निर्देश दिये कि कर्मचारियों की समस्याओं पर लगातार बात की जाए और उन्हें दूर किया जाए उनका कहना था कि जिस समस्या का समाधान विभाग के स्तर से न हो उसे शासन स्तरीय कमेटी के संज्ञान में लाया जाये उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति द्वारा दिये गये हड़ताल के नोटिस के दौरान जो अधिकारी कार्य करना चाहते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये

मंगलवार को बीएसएफ के विशेष चॉपर से वे जोशीमठ पहंचे थे सेना के हेलीपैड पर लैंड करने के बाद सेना और आई टी बी पी के जवानों ने उनका स्वागत किया उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ आनर दिया इस दौरान श्री रिजीजू ने कमांडो ट्रेनिंग ले रहे आई टी बी पी के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया

इन जवानों को स्नो कमांडो कहा जाता है औली में आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में हिमवीरों को स्कीइंग पर्वतारोहण के साथ ही युद्ध में लड़ने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं औली में इन दिनों चार से पांच फीट तक बर्फ जमी हुई है इसी वक्त को हिमवीरों को प्रशिक्षण देने का उचित समय माना जाता है ताकि युद्ध के दौरान अगर बर्फबारी हुई तो कैसे दुश्मनों से लोहा लेना है इसके लिए वे पहले से ही तैयार रहें

पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई राजधानी देहरादून में भी दोपहर से बादल घिर आए मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी राज्य में बादल छाए रहेंगे साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है

इसके लक्षण इन्फ्लूएन्जा जैसे ही हैं इसमें फेफड़े संक्रमित हो जाते है मुख्य चिकित्साधिकारी ने लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के बारे में बताया उन्होंने कहा कि खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रूमाल या टिशू पेपर से ढकें नाक कान या मुंह को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबून से बार बार धोए इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए श्री नौटियाल ने लोगों को अच्छी नींद लेने की सलाह दी साथ ही शारीरिक रूप से सक्रिय रहने को कहा स्लग हादसा उत्तराखंड के चमोली जिले में आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली के एक खाई में गिर जाने के कारण दो व्यक्तियों की मौत हो गई

हादसे में चालक और सहायक दोनों की मौत हो गई दोनों हरिद्वार के रहने वाले थे स्लग आपदा प्रशिक्षण पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के किमसार गांव में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को आपदा के दौरान राहत बचाव की जानकारी दी जा रही है तीन दिवसीय शिविर में ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को आपदा से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं

साथ ही सभी लोगों को बचाव कार्य में जुट जाना चाहिए